अन्न का अधिकार मानव अधिकार कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अन्न और पानी के महत्व को बताया प्रधानमंत्री ने देशवासियों से की स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल होने की अपील राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पर्व जगह जगह गणेश प्रतिमाओं की स्थापना मोदी इन्दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंदौर में दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफूदीन से मिलने आ रहे हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी यहां सैफी नगर मस्जिद में सैयदना से मिलेंगे

यह पहला अवसर है जब देश का कोई प्रधानमंत्री बोहरा समुदाय के धर्मगुरू के प्रवचन में हिस्सा लेने आ रहा है इससे पहले सैयदना मुफद्दल सैफूद्दीन के पिताजी दो बार इन्दौर आये थे प्रधानमंत्री श्री मोदी के इन्दौर प्रवास के मद्देनजर राज्य के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह तथा पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने यहां तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने संबधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिये

इन्दौर के पुलिस उप महानिरीक्षक हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया है कि प्रधानमंत्री के प्रवास को देखते हुए विशिष्ट व्यक्तियों के प्रवास के मद्देनजर की जाने वाली समस्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा के लिये पुलिस बल के साथ ही ड्रोन और सीसी टीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है मानव अधिकार आयोग मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने आज भोपाल की प्रशासन अकादमी में अन्न का अधिकार मानव अधिकार विषय पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अन्न को बरबाद न करें और पानी के मूल्य को समझें

इस कार्यक्रम में आयोग के सदस्य मनोहर ममतानी सरबजीत सिंह सचिव संजीव झा भी उपस्थित थे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में कल हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया

मध्यप्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किये जाने से डिजाइन के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल श्रमबल तैयार करने में मदद मिलेगी इससे प्रदेश में शिल्प हथकरघा ग्रामीण तकनीक लघ मझोले एवं बड़े उद्यमों के लिये स्थाई डिजाइन संसाधन उपलब्ध होने के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर सुजित होंगे एटीएम गणेश चत्र्थी के शुभ अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विश्वास सारंग ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल ट्रांजेक्शन की जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वेन को भी झंडी दिखकर रवाना किया उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन के इस युग मे एटीएम ओर नेट बैंकिंग अनिवार्य जरूरत है ग्रामीण अंचल में इसे लोकप्रिय बनाने में इस वेन से मदद मिलेगी

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

श्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के स्वच्छता के स्वप्न को साकार बनाने के लिए एक ऐतिहासिक जन आंदोलन है प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में सकिय सभी लोगों के योगदान की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई कि शनिवार सुबह सभी एकजुट होकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे गणेश चतुर्थी आज गणेश चतुर्थी है प्रदेश में यह पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है जगह जगह प्रतिमाओं की स्थापना का सिलसिला जारी है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं भी अपने परिवार के साथ बाजार जाकर गणेश प्रतिमा खरीदी इस प्रतिमा को पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमत्री आवास पर स्थापित किया गया मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि गणेश चतुर्थी का पर्व सर्वधर्म समभाव का पर्व है सभी समुदायों में गणेश चत्र्थी ध्रमधाम से मनाई जाती है उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश की सुख समृदधि के लिये भगवान श्रीगणेश से प्रार्थना की वहीं हमारे आगरमालवा शाजापुर खंडवा गुना बड़वानी रीवा डिण्डोरी शिवपुरी खरगोन होशंगाबाद सीहोर धार शहडोल टीकमगढ के संवाददाताओं ने बताया है कि उनके क्षेत्रों में भव्य और आकर्षक प्रतिमाओं की स्थापना का दौर चल रहा है विभिन्न मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड़ लगी रही और विशेष पूजा पाठ का दौर जारी रहा

कृषि विभाग के अधिकारी प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं